पांच दिवसीय गंगा यात्रा का कल कानपूर में हुआ समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आस्था और अर्थव्यवस्था का अभिनव संगम साबित हई गंगा यात्रा शामली में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से पांच लोगों की मौत केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए आम बजट आज लोकसभा में पेश करेंगी

आशा है कि बजट में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री की संकल्पना का ब्योरा शामिल रहेगा व्यापारी और वेतनमोगी दोनों वर्ग उत्सुकता से बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं उम्मीद है कि सरकार आर्थिक विकास को तेज करने तथा युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने के उपायों की घोषणा करेगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज सुबह दस बजे से बजट दो हजार बीस इक्कीस पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा बजट का गहन विश्लेषण विशेष बजट ब्लेटिन और बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल होंगी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर आफिशियल ट्विटर हैंडल ऐंट ए आई आर न्यूज अलर्ट्स फेसबुक तथा हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस बीस में एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के लिए धन उपार्जन पर बल दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उद्यम निर्यात और व्यापार सुगमता तथा अन्य उपायों के जरिये पचास खबर डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहआयामी रणनीति का खाका प्रस्तुत करता है इससे पहले संसद के दोनों सदनों में कल आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस पेश किया गया सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गये आर्थिक सर्केक्षण में देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वो भारत आ सकते हैं प्रज्य बाप्र के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया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 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए को निष्प्रमावी करने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे जम्मु कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों और लोगों के समान विकास का रास्ता साफ हो गया है

इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद के बजट सत्र में इस दशक की मजबूत नींव रखी जाए

हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उजवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला यह सत्र बना रहे और मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों में आर्थिक विषयों पर एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल्स के रूपर बहुत व्यापक चर्चा हो इससे पूर्व बजट सत्र के शुरू होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कल नई दिल्ली में बैठक हई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हए बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक हई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एन डी ए ने जनहित और सुशासन से जुड़े उल्लेखनीय विकास कार्यक्रम किए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के संकल्प को पूरा करने के लिए निकाली गयी गंगा यात्रा आस्था और अर्थव्यवस्था का अभिनव संगम साबित हुई है श्री योगी कल कानपुर में लव कृश बैराज पर गंगा यात्रा के समापन समारोह में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह यात्रा का समापन नहीं बल्कि गंगा युग का प्रारंभ है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कही थी और गंगा यात्रा इसी की एक कड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से कानपुर सहित अन्य स्थानों पर गंगा पहले की अपेक्षा अधिक साफ हुई हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गंगा तट पर बसे गांवों में विकास के विभिन्न कार्यक्रम शुरू करेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को गंगा की निर्मलता अविरलता और स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया इससे पूर्व श्री योगी ने बैराज पर गंगा यात्रा का स्वागत किया और पूजा अर्चना के बाद भव्य गंगा आरती में शामिल हुए समापन कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कमलरानी वरूण सुरेश राणा सूर्य प्रताप शाही बलदेव सिंह औलख समेत अन्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित थे गंगा यात्रा सत्ताईस जनवरी को बिजनौर और बलिया से शुरू हुई थी गंगा यात्रा ने प्रदेश के विमिन्न जिलों की अपनी पांच दिवसीय यात्रा में एक हजार तीन सौ अट्ठावन किलोमीटर की दूरी तय की इस दौरान यात्रा के दो रथ एक हजार अड़तीस ग्राम पंचायतों एक हजार छह सौ पचास गांवों इक्कीस नगर निकायों से होते हुए कानपुर पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दृष्कर्म तथा हत्या मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए जारी मृत्यू वारंट अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है इन चारों को आज सुबह फांसी दी जानी थी शामली के कांधला क्षेत्र में कल एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से पांच लोगों की मृत्य हो गयी और दो अन्य घायल हो गये प्लिस के अन्सार कांधला कस्बे में दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना के समय सात लोग काम कर रहे थे हादसा बारूद में आग लगने के कारण हुआ फैक्ट्री में गैस के सिलेंडर भी रखे थे जिनमें एक के बाद एक विस्फोट शुरू हो गया और फैक्ट्री का अधिकतर भवन ढह गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है श्री योगी ने प्रभावित व्यक्तियों को हर सम्मव राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनंद गिरि ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून राष्ट्र हित में है और यह किसी भी देशवासी के विरूद्व नहीं है गोरखपुर में कल पत्रकारों से बातचीत में श्री गिरि ने कहा कि जिस व्यक्ति का जन्म इस राष्ट्र में हुआ है उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है

प्रवेश परीक्षाएं छब्बीस अप्रैल से उन्तीस मई के दौरान देशभर के विमिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी अम्यर्थी बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं